प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवोन्मेष को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है क्योंकि शिक्षा ही चरित्र निर्माण का आधार है उन्होंने कहा कि नवोन्मष के बिना जीवन थम सा जाता है

स्वामी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित हो करके मैं आज इसमें एक ओर स्तंभ जोड़ने का साहस कर रहा हूं और वे है नवोन्मेष इनोवेशन

आज नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि समाज की समस्याओं को हल करने में शिक्षण संस्थाओं को साझीदार बनाया जाना चाहिए साढ़े तीन सौ से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्रनाथ टैगोर के आदर्शों का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के चहुमुखी विकास का प्रमुख साधन है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का डट कर सामना करने की अपील की और कहा कि वह सोशल मीडिया पर सरकार के कार्यक्रमों के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारियों का जवाब दे बस्ती जिले में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से नमो एप के जरिये बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर झूठ फैलाने का काम किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की प्रतिमा बुलेट ट्रेन और आय्ष्मान योजना पर भी द्वष्प्रचार किया है उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ऐसे दुष्प्रचार के बारे में सत्य जानकारी हासिल करके सोशल मीडिया और नमो एप के जरिये आम लोगों तक पहुंचाये प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के हित के लिए चार सालों में कई कदम उठाये हैं आइये आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री जी की कार्यकताओं से बातचीत की एक कड़ी

बस्ती में हमारे लोगों से मिलते है वहां हमारे सांसद है हरीश द्विवेदी जी ओम प्रकाश जी

प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि विपक्ष जो है बहुत तमाम झूठी खबरे फैला रहा है और उसकी मंशा में ही है कि सरकार और सरकारी कार्यक्रमों पर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो आप गौर करेंगे तो पायेंगे कि पिछले कुछ दिनों में उनके झूठ के पिटारे में से कैसे एक हवा निकली स्टेच्यू ऑफ यूनिटि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज मैने बता दिया मेड इन चाइना

दुनिया को सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पीएम आयुष्मान भारत इस पर भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया है

क्रिएटिव होना पड़ेगा

अभी मैने उन पर जो झूठ गिनाये है इनसे जुड़े सही तथ्यों का पूरा ब्यौरा लेकर सोशल मीडिया पर वाट्सएप पर मेरे साथ नमो एप पर आप उसको शेयर कीजिए और ये काम कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर रोज कीजिए इस कार्यक्रम के बारे में आकाशवाणी लखनऊ से बात करते हुए बस्ती जिले से सांसद और भाजपा नेता हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है बाइट माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के कार्यकर्ताआं से बात करने क लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत ऐसा ही कार्यक्रम आज नमो एप पर आयोजित किये जिसमें पूरे देश के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया विशेष रूप से देश भर के पांच जिलों के कार्यकर्ताओं से उन्होंने किया जिसमें बस्ती के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने यहां के स्थानीय समस्या के बारे में स्थानीय संगठन के बारे में जानकारी ली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दो मोबाइल मेडिकल ट्रीटमेंट वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि गरीबों को पेंशन आवास जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराते हुए उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह आकाशवाणो के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर तीन दिन का पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य आयोजन राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर किया गया जिसका उद्घाटन कल शाम रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जोधपुर के सैन्य केन्द्र में तीन दिन की पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया देश भर से पराक्रम पर्व मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं इस अवसर पर लखनऊ में सेना की मध्य कमान द्वारा कल से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर सेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई इस प्रदर्शनी में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान खासतौर पर इस्तेमाल किये गये अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया प्रदर्शनी में सेना की गतिविधियों और हथियारों पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को भ्रमण के लिए विशेषतौर पर आमंत्रित किया गया लखनऊ में बीती रात पुलिस कर्मियों की गोली से एक युवक की मौत के मामले में सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिये गये हैं इस संबंध में अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है घटना बोती रात गोमतीनगर इलाके की है जहां एक वाहन सवार युवक और युवती को रोकने के क्रम में पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाये जाने का आरोप है इस घटना में कार सवार युवक की मौत हो गई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है